दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के वास्ते विपक्ष से सहयोग के लिए केन्द्र सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सुचारू कार्यवाही में सहयोग के लिए आज शाम विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है सरकार इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विघेयकों को पारित कराना चाहेगी

श्री नायडू ने कल नई दिल्ली में महिला सशक्तिकरण पर दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि निर्णय लेने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का शिक्षा स्वास्थ्य पोषण र्रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक असर पड़ा है श्री नायडू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास को भी प्राथमिकता देनी चाहिए

विधि और न्याय मंत्रालय में उपसचिव केके सक्सेना के हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि याचिका से यह साबित नहीं होता कि इससे किसी भी तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी व्यक्ति को दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है निर्वाचन आयोग ने पिछले वर्ष दिसम्बर में दाखिल हलफनामे में कहा था कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि कोई उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव न लड़ सके

इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास से हमे सीखने को मिलता हैं

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान डूंगरपुर में कई शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में भाग ले रही है

गंगनहर में पंजाब से छोड़े जा रहे पानी में बार बार उतार चढ़ाव आता है जिससे किसानों की बारियां पिट जाती हैं इससे गंगानगर क्षेत्र में बिजाई प्रमावित हो रही है